इस मालवाहक खंड के खुलने से कानपुर देहात का एल्यूमीनियम उद्योग औरैया का डेयरी उद्योग इटावा का कपड़ा उद्योग फिरोजाबाद का कांच उद्योग और अलीगढ़ के ताले और धातु की वस्तुओं के कारोबार की नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी इससे कानपुर दिल्ली मुख्य रेलमार्ग पर भीड़ भाड़ कम होगी और भारतीय रेल इस पर तेज गति से रेलगाड़ियां चला सकेगी खेल अलंकरण मध्यप्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी

आगे भी खेलों के विकास के लिए पैसों की कमी नहीं आने देंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भोपाल के इनाम उर रेहमान को लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड दिया गया

श्री मोदी ने कहा कि किसान रेल किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रेल से दलाई के लिए कोई न्यूनतम मात्रा तय नहीं की गई है

उन्होंने कहा कि जो रेल अमी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही है किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद थे लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर नगर निगम भोपाल के विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण करेंगे वे पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित स्मार्ट रोड़ स्मार्ट पार्क जाट खेड़ी में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिये ट्रांसफार्मर स्टेशन और आर्च ब्रिज का लोकार्पण करेंगे

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने कल विभागीय समीक्षा बैठक में ये बात कही उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम रोजगार सहायक सप्ताह में दो दिवस सोमवार और गुरूवार को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देंगे और ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करेंगे सिसोदिया ने कहा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का ऐसा पोर्टल बनाए जिसमें स्व सहायता समूह अपने उत्पादकों की ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकें

कम्पनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि मध्यप्रदेश में उद्योग मित्र वातावरण को देखते हुए सिप्ला कम्पनी स्मार्ट इन्डस्ट्रियल पार्क पीथमपुर में दूसरी यूनिट स्थापित करना चाहती है यह यूनिट रेस्पेरेटरी एपरेटर्स का निर्माण करेगी

इसके अलावा कम्पनी के कार्यक्षेत्र की सहयोगी गतिविधियों से बड़ी संख्या में लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा बीमा क्लेम किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बीमा कम्पनियों के अधिकारियों से कहा है कि सभी किसानों को बीमा क्लेम की राशि मिलना सुनिश्चित किया जाए

उन्होंने कहा कि बीमा क्लेम राशि मिलने में तकनीकी त्रुटियों का तत्काल सुधार किया जाये ड्रेस कोड नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के कर्मचारी एवं अधिकारी ड्रेस कोड के संबंध में जारी निदेशों का कड़ाई से पालन करें नगरीय निकायों में कार्यरत पुरूष अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये नेवी ब्लू पेंट एवं स्काई ब्लू शर्ट और महिलाओं के लिये स्काई ब्लू साड़ी ब्लाउजस्काई ब्लू कुर्ता दुपट्टा एवं नेवी ब्लू सलवार निर्धारित की गई है

इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है

मौसम हिंद महासागर में चक्रवातीय गतिविधियों के चलते और पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के असर से प्रदेश में भी अगले तीन दिन ठंड बढ़ने के आसार हैं शहडोल सागर और रीवा संभागों के कुछ जिलों में ठंड बढ़ गई है मंदसौर जिले में ठंडी हवाओं के चलने से मौसम और भी सर्द हो गया है बाजारों में भी लोग अलाव के सहारे नजर आए कल रात के समय घना कोहरा छाया रहा

मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा

राजधानी भोपाल और निकटवर्ती स्थानों में आज सुबह से मौसम शुष्क बना हुआ है